इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश को वर्तमान परिदृश्य और शैक्षणिक परिदृश्य पर चर्चा होगी इसके बाद इस बारे में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे इस प्रांत सम्मेलन में प्रदेशभर से अखिल भारतीय परिषद के लगभग एक हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे इस मौके ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहेंगे

प्रदेश में चंबा जिला के पांगी व भरमौर तथा लाहौल स्पीति में एकलव्य योजना के तहत ये स्कूल खुलेंगे इससे पहले इस योजना के तहत मात्र एक ही स्कूल जिला किन्नौर के निचार में खुला है इन स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनजातीय विकास विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है शिक्षा दिवस आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है

शिक्षाविद और स्वतंत्रता सैनानी आजाद ने शिक्षित भारत की नींव रखी थी मुस्लिम समाज में भी शिक्षा को लेकर जागरूकता लाने के लिए उनका अहम योगदान रहा इस मौके पर प्रदेशभर में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने के उददेश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं लवी मेला शिमला ज़िला के रामपुर बुशैहर में आज से अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला शुरू हो रहा है इस मेले का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं प्रदेश की उंची चोटियों पर बीते दिनों हुए हिमपात के बाद प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट आई है जिस कारण प्रदेशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है इधर लाहौल स्पीति से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रे को खोलने का कार्य प्रभावित हो रहा है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला और दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है हिमाचल में शहीदों के परिजनों को देंगे टोल टैक्स में छूट दैनिक जागरण का शीर्षक है शहीदों के परिजनों को हिमाचल में टोल टैक्स से मिलेगी छूट पंजाब केसरी लिखता है नशे के खिलाफ पंजाब हिमाचल हरियाणा की सरकारें मिलकर काम करें हिमाचल दस्तक के अनुसार नशे से लड़ाई में चाहिए पड़ोसी राज्यों का साथ दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है अब निवेश को जमीन पर लाने में जुटे जयराम लवी मेले पर अमर उजाला की सुर्खी है रामपुर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज से राज्यपाल करेंगे शुभारंभ हिमाचल दस्तक की एक खबर है मंत्रिमंडल फेरबदल पर उपचुनाव की छाया

संस्कृत सम्मेलन से जुड़ी खबर पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सीएम को किया सम्मानित दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा देने के लिए जयराम ठाकुर सम्मानित अजीत समाचार लिखता है नायडू ने जयराम को किया सम्मानित मंडी जिला के सरकाघाट में एक बुजुर्ग महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किए जाने की खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है मौसम पर अमर उजाला का शीर्षक है केलांग का पारा पहुंचा सात डिग्री जम गई झीलें पेयजल पाइप भी हुए जाम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

नमस्कार